अदिवासी जमीन के हस्तांतरण के मामले को लेकर विधानसभा में जोरदार हंगामा कृषि कानुन पर चर्चा के फैसले का भाजपा विधायकों ने किया विरोध कोरोना संकमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए राज्यभर में बढ़ाई गई सतर्कता टीकाकरण में तेजी मास्क पहनने के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम राजधानी रांची समेत राज्यभर में तापमान में बढ़ोत्तरी चौबीस मार्च से फिर बदल सकता है मौसम आंशिक बादल के साथ हल्की बारिश के आसार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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व जल दिवस के अवसर पर आज वर्षा जल संचयन के जल शक्ति अभियान कैच द रेन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जल शक्ति मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गये

विश्व जल दिवस पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये गोड्डा जिले में ग्रामीण विकास ट्रस्ट की ओर से जल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें एक सौ से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए इस दौरान जल संरक्षण पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई गढ़वा जिले में विश्व जल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये इसमें जल की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये जल संरक्षण पर जोर दिया गया

ध्यानाकर्षण काल में खिजरी विधायक राजेश कच्छप ने एचइसी द्वारा विस्थापितों की जमीन बेचे जाने की समीक्षा के लिए विधानसभा की कमिटी बनाने की मांग की इस मांग पर पक्ष विपक्ष के सदस्यों के बीच जोरदार बहस हुई इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के अधिकतर विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने पहंच गये हंगामे को देखते हुए अध्यक्ष को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा कृषि बिल पर चर्चा कराये जाने की बात को लेकर सुबह से ही विपक्ष द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा कृषि बिल पर चर्चा के विरोध में कई भाजपा विधायक आज काले वस्त्र में विधानसभा पहुंचे थे

राज्यसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

इसमें बीमा कम्पनियों के स्वामित्व और नियंत्रण पर लगी पाबंदियों को हटाने का भी प्रावधान है विधेयक पर चर्चा के उत्तर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि बीमा क्षेत्र को बड़े और दीर्घकालिक निवेश की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक पूंजी प्रधान क्षेत्र है

उन्होंने कहा कि सरकार सभी लोगों को बीमा के दायरे में लाने को प्रतिबद्ध है और संसाधनों के बढ़ने से बीमा कराने वालों की संख्या भी बढेगी भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इस विधेयक का केवल एलआईसी से लेना देना नहीं है बल्कि यह समूचे बीमा क्षेत्र से संबंधित है श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विधेयक को कई हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद लाया गया है और इसमें बीमा कराने वालों के हितों की रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं

आजसू पार्टी के गंगा नारायण भाजपा में शामिल हो गये हैं आज रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी विधायक रणधीर सिंह नारायण दास और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गंगा नारयण मध्यप्र उपच्नाव में भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं

अभियान के दूसरे दिन एक लाख तैंतालीस हजार पांच सौ पचहत्तर लोगों को पहला टीका लगाया गया वहीं तीन हजार सात सौ इकहत्तर लोगों को टीका का दसरा डोज दिया गया पहले दिन की तर्ज पर दूसरे दिन भी टीका लेने में बुजूर्ग सबसे आगे रहे कल एक दिन में कुल एक लाख चौदह हजार पांच सौ चौंतीस बुजुर्गों ने टीके की पहली डोज ली

दो खुराकों के बीच के अंतराल को बढ़ाने का यह फैसला सिर्फ कोविशील्ड टीके पर लागू होगा यह कोवैक्सीन पर लागू नहीं होगा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने दोनों विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें मान ली हैं

प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत दे रहे हैं सिमडेगा जिले में उपायुक्त सुशांत गौरव ने आज कई क्षेत्रों में लोगों के बीच मास्क का वितरण किया और इसके नियमित उपयोग का आग्रह किया हमारे संवाददाता ने बताया कि सिमडेगा जिले में कल संकमितों की संख्या दो हजार इकहत्तर है हालांकि इनमें से दो हजार एकसठ संकमित स्वस्थ हो चुके हैं चार संक्रमितों का इलाज अभी चल रहा है और इस वैश्विक महामारी से जिले में अबतक छह लोगों की मौत हई है जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है चतरा जिले के लावालोंग थाना क्षेत्र से पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के दो अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है इन तस्करों के पास से दो किलो अफीम भी बरामद की गई है इधर लावालौंग थाना क्षेत्र से ही पुलिस ने पंद्रह पीस डेटोनेटर के साथ एक अन्य य्वक को गिरफ्तार किया है एसडीपीओ ने बताया कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है राजधानी रांची समेत राज्यभर में आज मौसम साफ रहा अगले दो दिनों तक मौसम में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावना नहीं है इस दौरान तापमान में चार डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि चौबीस मार्च से मौसम के फिर करवट लेने के आसार हैं मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार चौबीस मार्च को आसमान में आंशिक बादल छायेंगे और हल्के दर्जे की बारिश भी हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य भैया अभिमन्यु प्रसाद ने हजारीबाग जिले के बहोरनपुर में खुदाई के दौरान मिली दो बहमुल्य मूर्तियों की चोरी की घटना पर चिंता जताई है

हिंदी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रस्कार फिल्म छिछोरे को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ बंगाली फिल्म के लिए फिल्म ग्रमनामी को चुना गया है कंगना रणौत को पंगा और मनिकर्णिका फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दो अभिनेताओं मनोज बाजपेयी और धनुष को दिया जाएगा बी प्राक को तेरी मिट्टी गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा